उन्होंने प्रवासी कामगारों की सम्मानजनक वापसी की प्रतिबद्दता रोहराते हए अधिकारियों को निर्देश दिया कि होम क्वारंटीन के दौरान सभी कामगारों को खाद्यान्न किट उपलब्ध करायी जाए और एक हजार रूपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज उच्च अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कामगारों के सेवायोजन और रोजगार के लिए एक आयोग का गठन करेगी उन्हॉने अधिकारियों को इस संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करते हुए ब्यौरा जुटाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की है प्रदेश सरकार ने कृछ औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में छूट दी है कार्यालयों में तैंतीस प्रतिशत की जगह अब पचास प्रतिशत कर्मचारी आ सकेंगे इस बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने ईद के बाद छब्बीस मई से शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति दी है लेकिन मॉल बंद रहेंगे हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि जहां पर शॉपिंग कॉम्लेक्स खोले जाने हैं वहां कॉम्लेक्स की एक तिहाई दुकाने ही सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों के साथ खुलेंगी जिला प्रशासन ने इन कॉम्लेक्स को सुबह सात से शाम सात बजे तक खोलने के निर्देश दिये हैं कॉम्लेक्स में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी जहां पर काम करने वाले स्टाफ को दस्ताने और मास्क हर हालत में पहनने होंगे तथा ग्राहकों का पूरा विवरण अपने पास दर्ज करना होगा भारतीय रेल ने देश में अगले दस दिन में दो हजार छः सौ और श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां चलाने का फैसला किया है इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे छत्तीस लाख लोगों को राहत मिलेगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि पहली मई से अब तक पैंतालिस लाख से अधिक लोग अपने अपने गृह राज्य पहंच चुके हैं रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्वाल्ञों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की बारह तारीख से पन्द्रह जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया है और अगले महीने की पहली तारीख से दो सौ रेल सेवाए शुरू करने की घोषणा की है श्री यादव ने बताया कि रेलवे ने वर्कशॉप में एक लाख चालीस हजार लीटर सैनिटाइजर और एक लाख बीस हजार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाए हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नन्द कमार ने लोगों को घर पर रहने योगाभ्यास करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी है कोरोना संक्रमण को आए पूरे देश में सौ दिन से अधिक हो गया पिछले तीन महीने में कोरोना से डर में कुछ कमी आई और हम उसको कुछ वेहतर समझ पा रहे हैं हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फ्रेक्शन कैसे होता है कैसे ट्रांसनिट होता है इसके सिग्टम्से क्या होते हैं

इसलिए क्यॉकि उसका डेथ रेट बहुत अधिक नहीं है हा अफ़कोस एक रिश्क होता है परेशानी होती है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संक्रामक रोग विभाग की चिकित्सक डॉ अन्विता अग्रवाल ने भी लोगों को एहतियाती उपायों का पालन करने और घरों में ही रहने की सलाह दी है देश सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि कल चाद देखे जाने की कोई सूचना नहीं है शाही इमाम ने लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं जाने की अपील की है

उन्होंने कहा कि जनता को सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए आप सब से यह इल्तजा करता हूं कि ये जो ईद है ये बहुत ही सादगी से मनाएं इसमें ज्यादा खर्च करने की या नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है

उसकी हमें खिताफवर्जी नहीं करनी है हमें ईद घर पर ही सादगी से मनानी है और न ही हमें किसी से गते मिलना है और न ही हमें हाथ मिलाना है केन्द्र सरकार ने वाट्सअप के उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि आयुष्मान डॉट योजना डॉट ओ आर जी आयुष्मान भारत योजना की अधिकारिक येबसाइट है पत्र सुचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह दावा निराधार है